इस अवसर पर मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे

इस अभियान का नारा है जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा जल एकत्र करें ै जल दिवस ताजा पानी के महत्व और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है

प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना लाग करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी इस परियोजना के तहत दौधन बांध के निर्माण के जरिये केन और बेतवा नदी को जोडने वाली नहर के माध्यम से केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा

इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों विशेषकर पन्नार टीकमगढ छतरपुर सागर दमोह दतिया विदिशा शिवपूरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा झांसी और ललितप्र क्षेत्रों को जल आपूर्ति की जा सकेगी इससे देशभर में जल की कमी दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने की अन्य परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो सकेगा कोविड बंद कारोना पर नियंत्रण के लिए राज्य के तीन शहरों भोपाल इंदौर और जबलपुर में लगाए गए रविवार के लॉकडाउन का व्यापक असर रहा राजधानी भोपाल में इस दौरान मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पुरी तरह बंद रहे भोपाल शहर के कई स्थानों पर दध की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा सिटी बसे भी पूरी तरह से बंद रहने के कारण लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे चौक चौराहों पर पुलिस और प्रशासन का अमला लोगों को समझाइश देते नजर आ रहा था वहीं इंदौर में ऐक दो जगहों पर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती भी बरती जबलपुर में भी पूरी तरह लॉकडाउन रहा

राष्ट्रपति ने इस्पात जनरल अस्पतताल में सुपर स्पेशियलिटी सुविधा का उद्घाटन भी किया

पहले दिन जिले के पेटलावद रमांप्र मोहनकोट कुंदनप्र रजला इन क्षेत्रो में जमेगा मेले में दोपहर से शाम तक एक प्रकार के स्थानीय आदिवासी वाद्य वृन्द ढोल मांदल की थाप पर युवा नृत्य करेंगे और हाट बाजारों में जमकर खरीदारी करेंगे भगोरिया हाट होलिया दहन के पूर्व जिले में भराये जाने वाले हाट बाजारों से शुरू होता है इस दौरान भराये जाने वाले हाट बाजार मेले के रूप में तब्दील हो जाते है गांधी प्रतिमा सतना जिले के ग्राम पंचायत मटेहना में कल सर्वोदय मंडल द्वारा ग्रामीणजनों के सहयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की गई मूर्ति के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गणेश सिंह ने कहा कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ऐसे समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मृर्ति की स्थापना एक अत्यंत सराहनीय कदम है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज साकार हो रहा है आयुष्मान भारत भारत ने सार्वभौमिक प्राथमिक स्वाथ्य देखभाल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है

शरू में एयर इंडिया और उसकी सहयोगी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की बाद में अन्य विमान कंपनियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई विमान सेवाओं के अलावा जल मार्ग से भी भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार